प्रधानमंत्री ने लैंडर विक्रम का धरती से सम्पर्क ट्रटने के कुछ घंटे बाद बेंगलुरु में इसरो केन्द्र में राष्ट्र को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने कहा कि बाधाओं से उबरकर लगन के साथ काम करना भारत के आदर्शों में शामिल है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस प्रक्रिया को देखने के लिए इसरो के नियंत्रण केन्द्र में मौजूद थे इसरो के मिशन नियंत्रण केन्द्र की विज्ञप्ति में बाद में बताया गया कि लैंडर का भूकेन्द्र से सम्पर्क टूटने के कारणों का पता लगाने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है

देहरादून स्थित एफआरआई में पांचवें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंचतत्वों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और वानिकी के छात्र इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं उन्होंने जनभागीदारी के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने की जरूरत बताई केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वनों की रक्षा को जनआंदोलन बनाना होगा उन्होंने एफआरआई की मौलिक सुंदरता को बरकरार रखने की बात भी कही

इनके अतिरिक्त वानिकी के विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नौ छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए गए इससे पहले श्री जावडेकर भारतीय वन्य जीव संस्थान की वार्षिक आम सभा की बैठक में शामिल हुए बैठक में राज्य के वन मंत्री हरक सिंह रावत और डब्ल्यू आई आई सोसाइटी के सदस्य भी मौजूद रहे डब्ल्यू आई आई ने केंद्रीय मंत्री के सामने अपनी सालाना रिपोर्ट पेश की बैठक के बाद प्रकाश जावडेकर ने कहा कि वैज्ञानिकों की मदद से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी सोन चिरैया पक्षी को बचाना संभव हो सका है श्री जावडेकर ने कहा कि हमें पशु पक्षियों को भी संभालना है साथ ही विकास भी करना है दोनों में तालमेल बिठाकर सस्टेनबल डेवलपमेंट की दिशा में कार्य किया जाना है

साथ ही उनकी लैब का निरीक्षण भी किया

अपर मुख्य सचिव ने देहरादून में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण अतिक्रमणों के चिन्हीकरण और अवैध भवनों में किये जा रहे सीलिंग और इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा बैठक की

उन्होंने कहा कि देहरादून शहर में वाहन संख्या लगातार बढ़ती जा रही है अगर समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो जाम की स्थिति और बद्तर हो जाएगी

नागरिक उड्डयन मंत्रालय उत्तराखण्ड सरकार और फिक्की की ओर से हेलीकाप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी में विस्तार थीम पर सम्मेलन का आयोजन हुआ सम्मेलन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहां हेली सेवाएं बहुत जरूरी हैं

श्री रावत ने कहा कि आपदा प्रभावितों को बचाने और राहत पहुंचाने में हेली सेवाएं बहत ही उपयोगी हैं उन्होंने कहा कि हम राज्य में हेली एम्ब्लेंस की सेवा देना चाहते हैं कार्यक्रम में मौजूद नागर विमानन मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने कहा पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात का सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाला साधन हेलीकाप्टर हो सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में एयरपोर्ट की बजाय हेलीपोर्ट विकसित किए जा सकते हैं मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक डा संजीव चोपड़ा ने कहा कि हेली सेवाओं को एफोर्डेबल बनाने की चुनौती है उन्होंने बताया कि अकादमी में तीन हेलीपेड पर व्यावसायिक सेवाएं प्रारम्भ करने की सैद्वांतिक स्वीकृति मिली है

बारिश से एक व्यक्ति की मृत्यु और चार लोग घायल हुए हैं पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील के टिमटिया बोरागांव सियाधुरा बासबगड़ कोट्युड़ा तोक में अतिवृष्टि के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और तीन महिलाएं घायल हो गईं आपदा में कई भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं और पशुहानी भी हुई है प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीम पहुंच चुकी हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है उधर चमोली जिले में बीती रात को विभिन्न हिस्सों में हुई मूसलाधार बारिश से बद्रीनाथ हाइवे पर गोविन्दघाट गुरुद्वारे के ऊपर के जंगलों में बादल फटने से राजमार्ग पर खड़े एक दर्जन से अधिक वाहन मलबे में दब गए साथ ही कुछ दुकानों आवासीय भवनों और पुलिस थाने को भी नुकसान पहुंचा है हालांकि कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ और पागलनाला में मलबा आने से बाधित हो गया है थराली ग्वालदम मोटरमार्ग भी लोल्डी के पास भूस्खलन से बाधित है थराली तहसील के ग्वालदम और ग्र्डम गांव में अतिवृष्टि के कारण कुछ भवन क्षतिग्रस्त हो गए जिसमें एक महिला घायल हो गई कई एकड़ कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा है आपदा की सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और राहत बचाव कार्य चल रहा है वहीं मौसम विभाग ने आज विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना जताई है

देहरादून में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जो शिक्षक जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ पाये जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिये जाने और इण्टर के बाद स्नातक में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या आंकलन करने पर जोर दिया

आज विभिन्न जगह रैली निकालकर लोगो जो जागरूक किया गया और विभिन्न वॉर्डों की सफाई की गई सोर्स सेग्रिगेशन पखवाड़े के तहत व्यापक स्वच्छता अभियान चलाने और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिलास्तरीय अधिकारी और कर्मचारियों और नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है